भवन योजनाओं की आसानी से मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल ने नियम निचले स्तर पर किए हस्तांतरित पूर्व भाजपा विधायक कैप्टन आत्मा राम का निधन मुख्यमंत्री समेत भाजपा नेताओं ने जताया शोक

विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में आज आकाशवाणी संवाद्दाता शिशु शर्मा शांतल को बताया कि इस सत्र को सुचारू चलाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए गए हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में भाजपा द्वारा सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की जा रही है दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी ठीक इसी समय शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय में विपक्ष के कक्ष में चल रही है कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा प्रशिक्षण इस दौरान बजट सत्र के लिए मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर आज एक कार्यशाला का आयोजन शिमला में किया गया सूचना व जनसम्पर्क विभाग के तत्वावधान में हुई इस कार्यशाला में विधानसभा सचिव सुन्दर सिंह वर्मा ने प्रतिभागियों का मार्ग दर्शन किया जनसम्पर्क विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप भी कार्यशाला में मौजूद रहे

शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इससे अब शहरी स्थानीय निकायों के लोगों को विभाग में आवेदन नहीं करना होगा बल्कि एकल खिड़की प्रणाली से सभी तरह की मंजूरी व अनुमति मिल जाएगी मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के आयूष मंत्रालय के राष्टीय औषधी पौध बोर्ड के जोगिन्दनगर में स्थापित होने वाले केन्द्र के लिए जरूरी अनुमति भी प्रदान की है

इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली चौकी को भी स्तरोन्नत किया गया है बातचीत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी से किन्नौर जिले के कल्पा स्थित उनके आवास पर आज फोन के माध्यम से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम पूछा मुख्यमंत्री ने श्याम सरन नेगी के स्वास्थ्य को लेकर उनके परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है जयराम ठाकुर ने कहा कि वे जब भी किन्नौर के प्रवास पर आएंगे तो उनसे अवश्य मुलाकात करेंगे अधिसुचना निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त हो रही एक सीट के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है

केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल पूरा होने पर ये सीट खाली हो रही है

समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बैठक की अध्यक्षता करेंगे

सेंट बीडज़ कॉलेज शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में आज उन्होंने छात्रों से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल व अन्य कार्यकमों में भी हिस्सा लेने का आह्वान किया अनुराग सांसद अनुराग ठाकूर ने विकासवादी विज़न और लोक कल्याणकारी नीतियों को भाजपा के बढ़ते जनाधार का कारण बताया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा वायदे करने में नहीं बल्कि उन्हें अमलीजामा पहनाने में यकीन करती है एक भारत भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शिमला के समीप बनूटी में अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में युवा अपने प्रदेशों की संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं प्रदेश शिक्षा विभाग में सर्वशिक्षा अभियान के प्रोजैक्ट निर्देशक आशीष कोहली कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य अतिथि रहे कार्यक्रम का उद्देश्य एक दूसरे की सभ्यता व संस्कृति को समझना है ऐसा प्रतिभागी मानते हैं

आत्मा राम भाजपा के पूर्व विधायक कैप्टन आत्मा राम का आज सुबह कांगड़ा जिले में पालमपुर के समीप उनके पैतृक गांव पट्टी में निधन हो गया

उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर पट्टी में पूरे सम्मान के साथ किया गया

वे अपनी सादगी और इमानदारी के लिए हमेशा जाने जाते रहे शोक इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और सांसदों शांता कुमार अनुराग ठाकुर वीरेन्द्र कश्यप व रामस्वरूप शर्मा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने कैप्टन आत्मा राम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है इन भाजपा नेताओं ने कहा कि कैप्टन आत्मा राम के निधन से पार्टी को हुई क्षति की भरपाई कर पाना कठिन होगा कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों की कड़ी में कांग्रेस पार्टी सभी ब्लॉकों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी

नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी जिसके लिए सरकार किसानों व बागवानों को तुरंत राहत प्रदान करे

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्मर करेंगी तीरंदाजी लाहौल स्पीति जिले के यूरनाथ में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई इसमें युवा कृषक मंडल क्वारिंग पहले स्थान पर रहा वहीं एकल वर्ग में छेरिंग छोपेल ने बाजी मारी केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने इस परम्परागत खेल और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया